प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंच कर महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी इसके साथ ही उन्होंने आश्रम में रखे डिजिटल बुक पर अपने विचार रखें प्रधानमंत्री आज देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया सांबरमती में आयोजित समारोह में उन्होंने अमृत महोत्सव की वेबसाइट की शुरुआत की इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस और दृढ़इच्छा शक्ति के कारण ही देश को आजादी मिल पाई है उन्होंने आजादी की लड़ाई में झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा और सिद्दो कान्हो मुर्म भाईयों के उलगुलान का भी जिक्र किया मौके पर श्री मोदी ने कहा कि देश के हर कोने से लोगों ने एकजुटता दिखार्त हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी

मार्च के दौरान श्री पटेल पदयात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए रूकेंगे और फिर उसी स्थल से अगले दिन यात्रा रवाना होगी राज्य में अमृत महोत्सव समारोह के तहत राजधानी रांची में आयोजित साइकिल रैली का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतृत्व किया वहीं राज्य सरकार द्वारा रांची के आड्रे हाउस में प्रदर्शनी सह पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है अमृत महोत्सव के तहत खूंटी में आयोजित पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज शाम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी

इसमें झारखंड के जननायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के जिला मुख्यालय अवस्थित टाउन हॉल में देश और झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण सहित चित्र प्रदर्शनी शामिल है प्रदर्शनी के साथ पांचों दिन विभाग के सांस्कृतिक दलों द्वारा गीत एवं नाट्य प्रस्तृति भी दी जाएगी राज्यपाल के अलावा इस समारोह में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी शिरकत करेंगे गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना जरुरी नहीं होगा कैबिनेट की मंजूरी पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से जारी संकल्प में इसका उल्लेख किया गया है इस संकल्प के जरिये राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों प्रचलित नियम और प्रावधानों में आवष्वक संशोधन की जानाकरी दी गई है साथ ही शिक्षकों के वेतन निर्धारण अनुमोदन के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए बनाई गई नीति के बारे में बताया गया है निर्वाचन आयोग फर्जी खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा आयोग ने एक बयान में कहा कि उसके संज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रसारित हो रहीं फर्जी खबरें आई हैं

जब इस फर्जी खबर की जानकारी पूर्व निर्वाचन आयुक्त को मिली तो स्वयं उन्होंने इसका खंडन किया था कुछ शरारती तत्व फिर से यह खंबर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं श्री कृष्णामूर्ति ने इस फर्जी खबर का खंडन करते हुए फिर बयान जारी किया है कि यह खबर इस तरह प्रसारित को जा रही है मानो उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया हो श्री कृष्णामूर्ति ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठी और शरारतपूर्ण खबर है जिसे आगामी चुनावों में मतदाताओं के बीच गलत धारणा बनाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है इस फर्जी खबर के सिलसिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी के पास संबंधित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार लाख अस्सी हजार सात सौ चालीस लोगों को कोविड का टीका लगाया गया इस बीच देश में स्वस्थ होने की दर छियानबे दशमलव आठ पांच प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में पंद्रह हजार से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हए मंत्रालय ने बताया है कि एक करोड नौ लाख तिरपन हजार से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं इस बीच कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या बढने के कारण वर्तमान में एक लाख संतानबे हजार दो सौ सैतीस सक्रिय मामले हैं जो कि कुल संक्रमित लोगों का एक दशमलव सात चार प्रतिशत है चौबीस घंटों के दौरान तेइस हजार दो सौ पचासी कोविड के नये मरीजों की पुष्टि हुई अब तक कूल एक करोड तेरह लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं कल एक सौ सत्रह रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई है कोविड से मरने वालों की कुल संख्या एक लाख अंठावन हजार से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में सात लाख चालीस हजार से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई अब तक बाइस करोड़ उनचास लाख कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी हैं झारखंड में टीकाकरण अभियान की गति में तेजी आई है सोलह जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के बाद पचपन दिन में चार लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया ग्यारह मार्च तक चार लाख एक हजार छह सौ उनचालीस लोगों को पहली डोज का टीका लग चुका है वहीं एक लाख तेरह हजार एक लोगों को दूसरे डोज का टीका दिया जा चुका है राज्य में तीन लाख तेइस हजार आठ सौ अठाइस हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर और साठ वर्ष से अधिक उम्र के सड़सठ हजार दो सौ उन्नीस लोगों का टीकाकरण हो चुका है जबकि पैतालीस वर्ष से अधिक आयु के दस हजार पांच सौ बेरानबे लोगों को टीका लग चुका है

इनमें पांच सौ ग्यारह सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख अठारह हजार आठ सौ तिरसठ मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार तिरानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तेरह मार्च से शनिवार नो कार अभियान की शुरुआत की जाएगी

चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने बताया कि व्यवसायियों को पत्र लिखकर शनिवार को कार और बाइक का इस्तेमान नहीं करने की अपील की गई है रांची के मोरहाबादी मैदान से इस अभियान की शुरुआत होगी नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कल वीडियो संदेश जारी करते हुए आम लोगों से साइकिल से ही कार्यालय आने की अपील की उन्होंने विधायकों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की तेरह से सोलह मार्च तक सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे

इसलिए शुक्रवार के बाद अगले चार दिनों तक बैंको में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेंगे इसके कारण आरटीजीएस बैंकों के माध्यम से होने वाले एनईएफटी सहित किसी भी तरह के चेक का क्लियरेंस नहीं होगा

सुबह छह बजे पहला मैच खेले जाने के बाद दोपहर साढ़े तीन बजे झारखंड और महाराष्ट्र के बीच खेला जाएगा झारखंड की बालिका टीम पहले ही अपना मैच जीत चुकी है प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल पांच मैच खेले गए कल खेले गए पहले मैच में दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को तीन एक से पराजित किया दूसरे मैच में तमिलनाड और कर्नाटक की टीम एक एक गोल से बराबरी पर रही जबकि तीसरे मैच में चंडीगढ़ ने केरल को एक शून्य से पराजित किया चौथे मैच में पंजाब ने पुड्डुचेरी को पंद्रह एक से पराजित किया वहीं पांचवे मैच में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को आठ शून्य से हराया मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों में बादल छाये रहेंगे साथ ही गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है वहीं कल राज्य के उत्तरी दक्षिणी और मध्य भागों के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल तथा मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है